इस दौरान वे देश विदेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों प्रख्यात वैज्ञानिकों नीति निर्धारकों युवा अनुसंधानकर्ताओं और स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे चार दिन के विज्ञान कांग्रेस का विषय भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी है विज्ञान कांग्रेस में केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन और वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केन्द्रीय मंत्री भाग लेंगे

इससे कोन्द्रीय और राज्य स्तर पर मजदूर संघों को मान्यता देने का काम आसान हो जाएगा प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा गठित त्रिपक्षीय निकायों में कामगारों के नामांकन में और अधिक पारदर्शिता लायेगा

सरकार ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिए हैं

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमण्डल ने अपनी पहली ही बैठक में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी का यह निर्णय किया था

गौरतलब है कि कॉकलियर इम्प्लाण्ट सर्जरी करवाने के बाद मूक बधिर बच्चों में भी बोलने और सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है

इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया ने बताया कि इसके लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने एमओयू किया है इसके तहत इग्नू कम समय के लिये कौशल विकास पर आधारित पाठयकम संचालित करेगा

उन्होंने बताया कि इन पाठयकमों के लिये राज्यस्तर पर एक निगरानी समिति बनाई जायेगी

आईएएस पवन क्मार गोयल को आयुक्त कृषि उत्पादन और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि और उद्यानिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी हैं इसके अलावा डॉ आर वैंकटश्वरन को पशुपालन मत्स्य और गौपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगाया गया है वहीं सुबीर कुमार को जयपुर मैट्रा रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर लगाया गया है उधर आईपीएस एनआरके रेड़डी को पुलिस महानिदेशक जेल के पद की जिम्मेदारी सौंपी है

कल जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा के निर्देश पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच और दवा योजना की समीक्षा कर विशेषज्ञो से सुझाव लिये ग ँये है

इसके चलते जोधप्र में स्वाइन फ्लू से एक रोगी की मौत हो गई है

प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश प्रदेश महामंत्री चन्द्रशेखर डॉ अरूण चतुर्वेदी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र गहलोत प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया और प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच भाग ले रहे है

इस दौरान चालक पिकअप छोडकर फरार हो गया

उधर चूरू जिले के रतनगढ में पुलिस ने गश्त के दौरान दो युवको को देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है

मैच के पहले दिन भारत की ओर से बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपना शतक पूरा किया

हालांकि कई जगहों पर घना कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है